यह गठबंधन भ्रष्टाचार और अराजकता को बढ़ावा देने वाला है मुख्यमंत्री आज मकर संक्राति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि स्वामिमान और आत्म सम्मान को छोड़कर किये गये इस गठबंधन को प्रदेश की जनता स्वीकार नही करेगी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बघाई देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्व से प्रेरणा लेकर जातिवाद क्षेत्रवाद जैसी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राजनीति करने का संकल्प लेना होगा

श्री जावडेकर आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग महासंघ सीआईआई द्वारा रोजगार और आजीविका पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भविष्य में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में न केवल रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे बल्कि इस क्षेत्र से जुड़े लोग पर्यावरण संरक्षण में भी मदद कर पाएंगे

मेले का शुभारंभ विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों की गंगा यमुना और विलुप्त सरस्वती की धाराओं में पहली डुबकी लगाने के साथ हुआ स्नान के लिए इक्कीस घाट बनाये गए हैं महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है पहली बार तीन महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं पैंतालिस पुलिस थानों अट्ठावन पुलिस चौकियों और तीन महिला पुलिस थानों सहित बीस हजार सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं हमारे संवाददाता ने निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश सरकार शिशिर कुमार के हवाले से बताया है कि दोपहर डेढ़ बजे तक डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया दिव्य कुंच भव्य कुंम और स्वच्छ कुंम का साकार रूप आज कुंम मेले के पहले शाही स्नान के दौरान संगम तट पर साफ नजर आ रहा है मकर संक्रांति के मौके पर आस्था और विश्वास की पवित्र डूबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में लोग रात से ही संगम तट पर पहुंचने लगे थे

प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं वही सच्छ कुंभ के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं कुंभ मेला शहर के संगम तट से एम एस यादव के साथ शशांक कुमार आकाशवाणी समाचार कुंभ मेला उन्चास दिन चलेगा और चार मार्च को महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनायें दी हैं अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत और विदेश के श्रद्वालु देश की अध्यात्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के प्रत्यक्षदर्शी होंगे

आज ही से गोरखपुर के गुरू गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष लगने वाला खिचड़ी मेला शुरू हो गया है ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालु गुरू गोरक्षनाथ मंदिर पहुंच कर खिचड़ी चढ़ा रहे हैं गोरक्ष पीठ के महंत और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रम्हमुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद गुरू गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ायी इसके साथ ही एक महीने तक चलने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्व खिचड़ी मेला शुरू हो गया मेर्ले में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ है मेले की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गयी है वाराणसी में आज दूसरे दिन भी श्रद्वालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान कर के वहां के मंदिरों में दर्शन पूजन किया मिर्जापुर में गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान करने के बाद श्रद्वालुओं ने माँ विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन किये जौनपुर में गोमती नदी के प्रमुख घाटों पर स्नान करने के बाद लोगों ने दान पुण्य किया हमारे प्रतिनिधि के अनुसार ब्रम्हमुहूर्त से ही लोगों ने वहां स्नान करना शुरू कर दिया था कुशीनगर जिले में खिचड़ी का त्यौहार धार्मिक आस्था और हंसी खुशी के माहौल में मनाया गया जिले के तुर्कपट्टी स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में भारी संख्या में लोगों ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की चित्रकूट में आज भी लोगों ने मंदाकिनी और यमुना नदी में स्नान कर के मंदिरों के दर्शन किये भरत कूप पर भी श्रद्वाल्यों की भारी भीड़ रही जिले के साईपुर में लगे मेले में भारी संख्या में लोग एकत्र हुये राज्य के कई अन्य जिलों में भी मकर सक्राति का पर्व आज भी मनाये जाने के समाचार हैं